दो सौ विकास केन्द्रों का किया जा रहा है अपग्रेडेशन

रिएल स्टेट रेगुलेटरी ऑथरिटी रेरा ने निबंधन नहीं कराने वाले बिल्डरों के फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करने का निर्देश दिया है रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि बिना निबंधन कराये बिल्डरों को बैंक लोन नहीं देंगे और उनकी किसी परियोजना का नक्शा पास नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति ऐसे बिल्डरों से फ्लैट खरीदेगा तो बैंक उन्हें भी लोन नहीं देगा उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बिल्डर देश में कोई दूसरी परियोजना भी शुरू नहीं कर पायेंगे केन्द्र सरकार के कौशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में पच्चीस जून तक निजी क्षेत्र में चौवन नये कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की जायेगी श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र खोल रही है उन्होंने कहा कि सभी जिलों में चयनित दो सौ कौशल विकास केन्द्रों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है इस वर्ष युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को और भी गुणवत्तापूर्ण बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है केन्द्र सरकार के किसानों की आय दो हजार बाईस तक दुगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष इकतीस जुलाई तक कृषि कल्याण अभियान चलाया जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान की शुरुआत एक जून से कर दी गयी है चुने गए प्रत्येक जिल के एक हजार से अधिक आबादी वाले पच्चीस गांवों में अभियान चलाया जा रहा है प्रत्येक जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र सभी पच्चीस पच्चीस गांवों में कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोग करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने एकबार फिर कहा है कि बैंकों में सिक्के जमा करने की कोई सीमा नहीं है नागरिक जितना चाहे बैंकों में सिक्के जमा कर सकते हैं बैंक इसके लिए मना नहीं कर सकतें रिजर्व बैंक के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक एनपी तोपनो ने कहा कि सिक्के को लेकर अफवाह फैलायी जा रही है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक प्रद्रषण हटाओ अभियान केवल नारा नहीं है इसके निराकरण के लिए देशवासियों को एकजूट होने की जरुरत है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि अगर प्रत्येक भारतीय नागरिक पर्यावरण की रक्षा के लिए हर रोज प्लास्टिक हटाने का कार्य करे तो देश में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है सम्पूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें छात्र युवा और विभिन्न दलों के नेता तथा कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि एटीएम से तय सीमा से ज्यादा निकासी पर जीएसटी लगेगा बोर्ड के अनुसार ग्राहकों को प्रति माह बैंक की ओर से तीन से पांच बार एटीएम से राशि निकास करने की सुविधा मुफ्त दी जाती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देश की महिलाओं से प्रधानमंत्री आवास निर्माण के दौरान आने वाली कठिनाइयों की जानकारी लेंगे इस अवसर पर प्रदेश के सारण मुजफ्फरपुर समेत कई अन्य जिलों की पन्द्रह पन्द्रह महिलाएं विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करेगी इसके लिए राज्य की पांच सौ सत्तर महिलाओं का चयन किया गया है बातचीत अब से कुछ देर बाद सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होगी

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण लाखों लोगों को घर मिला है

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जल्द ही एक नई वित्तीय संस्था बनाएगा जो खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से धन की व्यवस्था करेगा नई दिल्ली में जानकारी देते हुए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि बहुत जल्द पन्द्रह नए मेगा फूड पार्क शुरू हो जाएंगे उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षो में तेरह मेगा फूड पार्क शुरू किये गये हैं श्रीमती कौर ने कहा कि दो मेगा फूड पार्क में लगभग पांच हजार किसानों को लाभ होता था वहीं अब यह आंकडा लगभग इक्कीस हजार तक पहुंच गया है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्ष योशिता पटवर्द्वन का निर्वाचन शिकायत कोषांग ने रद्द कर दिया है योशिता पर कई छात्र संगठनों ने एकेडमिक एरियर रहने के बाद भी नामांकन पत्र भरने का आरोप लगाया था पूर्व मध्य रेलवे का मुगलसराय जक्शन अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जायेगा रेलवे ने स्टेशन के नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी कर दी है जमुई पुलिस ने केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से जिले के झाझा थाने के बंजामा गांव के पास से एक अंतरजिला अपराधी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी के पास से एक मसकट एक आटोमेटिक पिस्तौल और तीन जिन्दा कारतूस बरामद किये गये हैं वहीं जिले के गिद्वौर थाने के तजरिपहड़ गांव से एक नक्सली को भी अर्द्वसैनिक बल ने गिरफ्तार किया है इधर पटना जिला पुलिस ने सुनसान इलाकों में लूटपाट करने और शराब की तस्करी करने वाले छह अपराधियों को गिरफ्तार किया है इनकी निशानदेही पर तीन मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है पटना के राजीव कुमार को भारतीय बॉक्सिंग टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है श्री कुमार रूस में पांच से तेरह जून तक आयोजित होने वाली बीसवीं अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग चैम्पियनशिप भाग ले रही भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे राजीव कुमार की इस उपलब्धि पर प्रदेश के खेल संघों ने बधाई दी है पूर्णिया के डीएसए मैदान में खेली जा रही रणधीर वर्मा अंडर नाईनटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के एक मुकाबले में औरंगाबाद ने भोजपुर को दस विकेट से हरा दिया औरंगाबाद की ओर से दिव्यांशु ने पांच और सोनू ने चार विकेट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट परीक्षा में बिहार की छात्रा कल्पना की सफलता की खबर के साथ अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में नीतीश ही एनडीए का चेहरा दैनिक जागरण का शीर्षक है बिहार बोर्ड की छात्रा ने नीट टॉप कर बढ़ाया सूबे का मान दैनिक भास्कर लिखता है प्रकृति का दोहन इतना ज्यादा की चार धरती और चाहिए प्रभात खबर की खबर है नदियों के तट पर जुटे पर्यावरण प्रेमी ली जन संपदा को बचाने की शपथ इसके साथ ही अखबारों ने कई अन्य खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान ने सेना के जवान वर्दी बाजार से खरीदेंगे और बड़ी हस्तियों ने दिया पॉलीथिन चैलेंज दैनिक जागरण ने आसान नहीं होगा थर्ट पार्टी बीमा करवाना और दो आईआईटी और तीन विदेशी विश्वविद्यालय करेंगे गंगा की बदहाली पर शोध को प्रकाशित किया है

दो सौ विकास केन्द्रों का किया जा रहा है अपग्रेडेशन